समाचार एंजैसी एएनआई के साथ विशेष मेंट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थवयवस्था है उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उंचे निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के साथ एक प्रमुख स्टार्ट अप केन्द्र के रूप में भारत का उभरना इस बात का प्रमाण है कि रोजगार के अवसर सूजित हो रहे हैं

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वे प्रदेश के नेताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगे उन्होंने कहा कि अमित शाह प्रदेश पदाधिकारियों ज़िलाध्यक्षों ज़िला महामंत्रियों मण्डल अध्यक्षों व शिमला संसदीय क्षेत्र के ग्राम केन्द्र प्रमुखों के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे

बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी में श्रावण अष्टमी मेले आज से शुरू हो रहे हैं इसके सफल आयोजन के लिए ज़िला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

उन्होंने श्रद्वालुओं से नियमों व दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया है ताकि किसी प्रकार की कठिनाई व अव्यवस्था न हो उपायुक्त ने अधिकारियों को दुकानों का निरीक्षण करके दुकानों में रेट लिस्टे लगवाने के निर्देश दिए ताकि मेले के दौरान श्रद्वालुओं से निर्धारित दरों से ज़्यादा दाम न वसूले जाएं प्रदेश के अधिंकाश भागों में हल्की वर्षा होने का समाचार है हालांकि राजधानी शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही व्यापक वर्षा हो रही है बारिश के कारण राज्य के कई क्षेत्रों में भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ है जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं नदी नाले भी उफान पर है उधर रामपुर में सतलुज नदी के बाद रोहडू की पब्बर खड़ड का जल स्तर भी खतरे के निशान से उपर पहुंच गया है

मौसम विमाग की चेतावनी के दृष्टिगत शिमला जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर रहने का आग्रह किया है

जबकि दैनिक सवेरा के अनुसार करोड़ों के छात्रवृति के रहस्यों से जल्द उठेगा पर्दा पंजाब केसरी की सुर्खी है औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति में बदलाव की तैयारी

दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश प्रभारी के सामने भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता जबकि अमर उजाला के अनुसार पार्टी प्रभारी पाटिल के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथापाई आपका फैसला केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हवाले से लिखता है देश को बनाएंगे स्पोर्टिंग सुपर पावर मुख्यमंत्री की घोषणाओं में नियम बन गए रोड़ा शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है स्कूल अपग्रेडेशन नियमों में छूट से वित्त विभाग का इंकार अजीत समाचार ने खबर दी है मल्याणा में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद प्रशासन ने की वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों से चलने की व्यवस्था दैनिक जागरण लिखता है स्पिति मार्ग पर पागलनाले की बाढ़ में फंसा वाहन लोगों ने निकाले बाढ़ में फंसे विदेशी पर्यटक

अमर उजाला के मुताबिक हिमाचल विघानसभा के मॉनसून सत्र में विघायक सदन में नहीं ले जा सकेगे मोबाइल फोन